पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैला

प्रदेश में अधिक बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय टीम आज पटना आयेगी ये टीम पटना सहित राज्य के विभिन्न बाढ़ग्रस्त जिलों की स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी

इससे पहले भी पिछले महीने केन्द्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया था प्रनपुन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर चौवन दशमलव आठ मीटर पहुंच गया है इस कारण पुनपुन बाजार सहित कई क्षेत्रों में पानी फैल गया है पुनपुन और परसा बाजार के बीच रेल पुल तक पानी पहुंच गया है जिससे गया पटना रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है पुनपुन में आयी बाढ़ से पटना सदर प्रखंड के माधोपुर और फतेहपुर गांव के बीच सुरक्षा बांध में दरार आ गयी है दरार के कारण पटनासिटी के जल्ला क्षेत्र में पानी भर गया है पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने पालीगंज धनरूआ और पुनपुन में नाव के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी है इस बीच बाढ़ राहत की मांग को लेकर मसौढ़ी के धनरूआ प्रखंड स्थित सेवदाहा के पास स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान ग्रामीणों ने अंचल गार्ड से रायफल छीन कर हवाई फायरिंग कर दी राजधानी पटना के जल जमाव वाले कुछ क्षेत्रों में पानी घटने लगा है हालांकि पटना के राजेन्द्रनगर काजीपुर बाजार समिति सैदपुर संदलपुर गोला रोड और पाटलिपुत्र में अभी भी भीषण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है प्रभावित इलाकों में महामारी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की पचहत्तर टीमें राहत कार्य में लगी हुई है इन इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है नगर निगम की ओर से फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है लोगों के बीच जीवन रक्षक दवा और हैलोजन टेबलेट का वितरण किया जा रहा है परिवहन विभाग की ओर से राजेन्द्र नगर और कंकड़बाग में जल जमाव में फंसे लोगों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरूआत की गयी है जल जमाव के बीच अब इन क्षेत्रों में डेंगू और डायरिया का प्रकोप फैलने लगा है इधर बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर वेना और रहुई स्टेशन के बीच ट्रैक पर धोबा नदी का पानी आने से रेल परिचालन कल शाम से ठप है वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से छियालीस सेंटीमीटर ऊपर है बूढ़ी गंडक खगड़िया में बागमती रून्नीसैदपुर में और अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में लाल निशान से ऊपर है महानंदा नदी कटिहार के झावा में और परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार के प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाने और व्यापारियों के लिए गोदाम में प्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद देश के कुछ भागों में खुदरा और थोक बाजारों में प्याज के दाम घटने शुरू हो गए हैं नई दिल्ली में श्री पासवान ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षित भंडार से अब तक अठारह हजार टन प्याज बाजार में उपलब्ध कराया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पैसे देकर छापी जाने वाली खबरों से फर्जी खबरें ज्यादा खतरनाक हैं उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना ही होगा और यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है सभी को इसके लिए मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि जो लोग सही समाचारों के व्यवसाय में हैं उन्हें इसे रोकने के लिए संघर्ष करना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे पार्टी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जानी है कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और छह अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे तेरह अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा पर महानंदा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटने से चार लोगों की मौत हो गयी जबकि कई लोग अभी लापता हैं नौका पर पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर और मालदा के अलावा कई लोग कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड क्षेत्र स्थित चांचल के रहने वाले थे ये सभी पश्चिम बंगाल में आयोजित नौकायन प्रतियोगिता देख कर लौट रहे थे हमारे संवाददता ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि नौका पर क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण यह हादसा हुआ है

अभी तक चार शव बरामद किया जा चुका है जिसमें एक आबादपुर थाना के नलसर गांव के एक व्रद्ध का बताया गया है घटना के बाद स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की मदद से लापता लोग की खोजबीन की जा रही है उत्तरी दिनाजपुर और मालदा के जिलाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है वहीं बरसोई के अनुमांडल पदाधिकारी आबादपुर के थानाघ्यक्ष और चापाखोड़ के मुखिया समेत पन्द्रह लोग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है कटिहार से आकाशवाणी समाचार के लिए कुमार मुकेश चौधरी सीबीआई ने सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी भागलपुर के तत्तकालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अरूण कुमार की पत्नी इंदु गुप्ता की पटना स्थित करोड़ों रूपये मूल्य की चल अचल संपत्ति जब्त की है सीबीआई ने पटना स्थित बोरिंग रोड शास्त्रीनगर और बकरगंज में स्थित मकान और दुकान को जब्त कर लिया है इस घोटाले के उजागर होने के बाद से इंदु गुप्ता फरार हैं जबकि उनके पति अरूण कुमार फिलहाल जेल में बंद है गौरतलब है कि इंदु गुप्ता के बैंक खातें में सृजन के पांच से छह करोड़ रूपये ट्रांसफर किये गये थे शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोचरण के बीच मां दूर्गे के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूरे विधि विद्यान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इनके आराधना से रोग शोक और संताप का हरण होता है इधर बंगला पद्धति के अनुसार पूजा होने वाले स्थानों पर आज मां भगवती का पट खुल जायेगा दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भक्ति का माहौल हो गया है मंदिरों से लेकर घरों में देवी मां की जयकारा और मंत्रोचरण से माहौल गुंजायमान हो गया है पूजा को लेकर पंडालों में आयोजकों की ओर से अंतिम रूप दिया जा रहा है केन्द्र सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए बिहार सहित ग्यारह राज्यों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में अब प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने पर पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा पटना जिले के सभी व्यवहार न्यायालयों में दुर्गा पूजा का अवकाश घोषित कर दिया गया है जिला और अनुमंडल स्तर के अदालत आज से तेरह अक्टूबर तक बंद रहेगी इस दौरान रिमांड जमानत और आवश्यक कार्यो के लिए अवकाशकालीन अदालतों की व्यवस्था की गयी है मौसम विभाग ने पटना और उसके आस पास के क्षेत्रों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना जतायी है सुबह से पटना और उसके आस पास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाये हुए हैं विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना में भारी बारिश का खतरा टल गया है हालांकि वैशाली बेगूसराय खगड़िया सहित आस पास के इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के बीस प्रधानाचार्यों को बर्खास्त कर दिया गया है उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुल सचिव नवीन कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि इन बीस प्रधानाचार्यों के बर्खास्तगी के साथ ही जिन कॉलेजों के प्रभारी थे उन कॉलेजों में प्रभारी प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिये गये हैं पटना में आयोजित ग्रामीण कबड्डी लीग टूर्नामेंट में आज पटना और बेगूसराय के बीच खिताबी मुकाबला होगा इससे पहले मेजबान पटना ने भागलपुर को जबकि बेगूसराय ने पूर्णिया को पराजित कर फाइनल में जगह बनायी थी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है पुनपुन बढ़ी रिंग बांध के ऊपर से पानी पटना सुरक्षा बांध तक पहुंचा बख्तियारपुर राजगीर रूट पर भी चढ़ा बाढ़ का पानी दैनिक जागरण की सुर्खी है गंगा में प्रतिमा विसर्जन पर पचास हजार जुर्माना

प्रनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैला